आज राज्यसभा की कार्यवाही के शुरूआती काल में उपसभापति पद के लिये चुनाव हुआ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री हरिवंश को उपसभापति चुने जाने पर बघाई दी है

मामले को प्रधान न्यायाधीश को भेजते समय अदालत ने कहा था कि इस बात का फैसला बड़ी खंडपीठ करेगी कि आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे सांसद या विधायक को दोष सिद्ध होने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है या फिर आरोप तय होते ही अयोग्य समझा जाए इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने निचली अदालतों में चल रहे वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को पूरा करने के लिए एक साल की समय सीमा तय की थी

वहां रिठाला चौराहे पर उनका जनसभा का कार्यकम है

राज्य स्तरीय समारोह प्रतापगढ जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रहा है जबकि राज्य के टीएसपी और सहरिया क्षेत्र में पंचायत समिति स्तर पर समारोह हो रहे है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने हाल ही में डूंगरपुर के धम्बोला में राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान आदिवासी दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने की घोषणा की थी

आज का दिन हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर आज रात नया भारत और आजादी की प्रासंगिकता विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफएम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे से सुना जा सकता है इस कार्यक्रम में दिल्ली स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ जयपुर मुंबई चेन्नई गुवाहाटी जम्मू और लखनऊ आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञो से बातचीत करें गे

घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया उदयपुर के जलारा में एक युवक की मोटरसाईकिल की टक्कर से मृत्यु हो गई नागौर रोड पर निंबा निंबड़ी रेलवे फाटक के सामने कल रात सिटी बस से उतर कर सड़क पार कर रही छात्रा की ट्रक से कुचलने से मौत हो गई

पटवारी ने यह राशि अखासर गांव के एक किसान के खेत में नलकूप अवैध बताकर उसको चालू रखने की एवज में मांगी थी

वहीं पूर रोड पर नई आवासीय कॉलोनी बनेगी